इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की इस बीच आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं लाभकारी होती हैं मंत्रालय ने लोगों को व्यक्तिगत सफाई रखने बार बार साबून से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक और मुंह को छूने से बचने को भी कहा गया है प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकों के विशेष दल गठित किये गये हैं

देश की राजधानी दिल्ली के अलावा केवल भोपाल में ही बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है पर्यावरण जावडेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने सभी राज्यों को पौधरोपण के लिए सात अरब डॉलर की राशि जारी की है

छिंदवाड़ा के नगर निगम आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण की इस श्रेणी के फीडबैक कलेक्शन में छिंदवाड़ा ने सत्ताइस दशमलव नौ दो प्रतिशत अंकों के साथ देश में पांचवे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है इस श्रेणी में पहला स्थान उत्तरप्रदेश के मोदीनगर को मिला है शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

प्रदेश भर में कल श्रद्वांजलि सभाएं भी आयोजित होंगी सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में मंत्रालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों सभी विभाग प्रमुखों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को लिखित जानकारी दे दी है

इस दौरान मां नर्मदा के जीवन पर आधारित लाइट एण्ड साउण्ड शो आयोजित किया जाएगा अमरकंटक शहर के विभिन्न स्थलों पर महाआरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की समुद्ध सांस्कृतिक धरोहर कला एवं स्वास्थ्यवर्धक कोदो चावल आदि कृषि उत्पादों का आमजनों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा सायना भाजपा प्रसिद्ध बेडमिण्टन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में उन्हें सदस्यता का प्रमाणपत्र दिया गया

पत्रकारों से बात करते हुए सायना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ काम करना उनके लिए गौरव की बात है

इस तीन दिवसीय आयोजन में आठ राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों के कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं